इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज ही के दिन गांधी जी के नेत्रत्व में बड़ा आन्दोलन शुरू हुआ था उन्होंने कहा कि बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिम्ब देखते थे

उन्होंने कहा कि बच्चे साफ सफाई अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है आज हम सभी को गन्दगी भारत छोड़ों के संकल्प को दोहराना है स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरन्तर चलता रहेगा यह केन्द्र स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान करने का माध्यम होगा

इस केन्द्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा इस केंद्र में विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया गया है

इसके साथ ही उन्होंने सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है उन्होंने बुजुर्गो बच्चों और को मॉर्बिड लोगों से भी अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया है

इसके साथ ही हाई रिस्क ऐरिया और अन्य राज्यों से आने पर वाले लोगों पर ट्रेवल हिस्ट्री की गलत जानकारी देने अथवा कोई तथ्य छुपाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी

श्री रावत ने इस दौरान होम आइसोलेशन से सम्बन्धित निर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया

उन्होंने सभी औद्योगिक इकाईयों वाले जिलों में सैंपल टेस्टिंग में और तेजी लाने के साथ ही ऊधमसिंह नगर नैनीताल और हरिद्वार जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता की बात कही जल जीवन मिशन प्रदेश सरकार हर घर को प्रर्याप्त मात्रा स्वच्छ जल मुहैया कराने को दृढ़ सकल्प है और इस दिशा में तेजी से काम कर रही है

जिसके तहत जल निगम जल संस्थान और स्वजल मिलकर काम कर रहे है उन्होंने अधिकारियों को चयनित स्वयं सेवी सस्थाओं के माध्यम से गांव गांव जाकर सर्वे का कार्य जल्द पूरा करने और विलेज एक्शन प्लान की डीपीआर निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत करेंगे

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तीय सुविधा की इस योजना को मंजूरी दे चुका है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने ई संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कार और सम्मान पाने वाली महिलाओं को शुभकामनायें और बधाई दी है बागेश्वर में उत्कृष्ट कार्य गुंजन वाला और आंगनवाडी कार्यकत्री पुष्पा अरडिया को सम्मानित किया गया उधर चम्पावत जिले में भी जानकी चंद को तीलू रौतेली और हेमा बोरा को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर सचिवालय में केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में उन्होंने भ्रष्टाचार को कतई बरदाश्त न करने पर जोर दिया उन्होंने प्रदेश में युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गये कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने तथा आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया गया उपराज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क की सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सुद्ग ढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया उपराज्यपाल ने कहा कि वे राजधानी शहरों जम्मू और श्रीनगर के आधुनिकीकरण तथा बंद पड़ी परियोजनाओ को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता देंगे उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी कार्यक्रमों के जरिए समाज के सभी वर्गो के उत्थान पर जोर देगा श्री मनोज सिन्हा ने प्रशासनिक सचिवों से जनता की सक्रिय भागीदारी से बेहतर तौर तरीके अपनाने और सुशासन का लक्ष्य हासिल करने को कहा उन्होंने प्रशासन में दक्षता लाने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी सलाह दी उपराज्यपाल ने युवाओं की अवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खेल कूद की बेहतरीन सुविधाएं जुटाने और उन्हें युवा केन्द्रित कार्यक्रमों के जरिए उत्पादक गतिविधियों में लगाने पर भी बल दिया उपराज्यपाल ने शिक्षा नीति में सुधार करने और व्यवसाय परक शिक्षा पर भी जोर दिया ताकि प्रदेश में उद्योगों तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके

इसके साथ ही स्थापित कंट्रोल रूम में रोस्टर के आधार पर नामित नोडल अधिकारियों को जिम्मेंदारी सौपी गयी है नोडल अधिकारी कोरोना वायरस से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां दैनिक आधार पर अपर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे इसके साथ ही कोरोना वायरस से सम्बन्धित किसी भी संदिग्ध की सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्साधिकारी और सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को तत्काल अवगत करते हुए सम्बन्धित कार्यवाही सूचना पंजिका में दर्ज करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में जीसी मुर्मू को पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे श्री मुर्मू ने इस सप्ताह के शुरू में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया था

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था